इन्दौर में आज चौथे नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइन्स एण्ड मिनरल्स का आयोजन

अब समाचार विस्तार से पीएम मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नईदिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर मध्यप्रदेश का सोयाबीन चीन को निर्यात किये जाने का आग्रह किया श्री चौहान ने चीन और अमेरीका के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव का हवाला देते हुए कहा कि अमेरीका से आयातित सोयाबीन पर चीन द्वारा आयात शुल्क पच्चीस प्रतिशत किये जाने से चीन में सोयाबीन की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं हो पा रही है जिससे वहां भारत का सोयाबीन आयात किये जाने की संभावनाएं बढ़ गई है श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश सोयाबीन प्रदेश होने के नाते चीन को सोयाबीन निर्यात करने की स्थिति में है इससे प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य से भी अधिक भाव मिलेगे और उन्हें अधिक मुनाफा होगा उन्होंने बताया कि भारत से निर्यात होने वाले सोयाबीन डीओसी में छियालीस प्रतिशत प्रोटीन है जो अन्य देशों के सोयाबीन की तुलना में अधिक है श्री चौहान ने प्रधानमंत्री से चीन को सोयाबीन निर्यात किये जाने के बारे में शीघ्र निर्णय लिये जाने का आग्रह किया उन्होंने इस बारे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वित्त मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु से भी मुलाकात की मंत्रियों से भेंट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नईदिल्ली में केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात की वित्तमंत्री पीयूष गोयल से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में चना मूंग और सरसों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की है और इसपर आये खर्च का भुगतान खुद के संसाधनों से किया है श्री चौहान ने नाफेड से राज्य को ये राशि दिलवाने जीएसटी पर राज्य की हिस्सेदारी का भुगतान शीघ्र करने का अनुरोध किया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपीनड्डा से मुलाकात कर श्री चौहान ने बताया कि रतलाम विदिशा और खंडवा में मेडिकल कॉलेज तैयार है लेकिन मेडिकल काउंसिल की आपत्ति के कारण इन कॉलेजों का लोकार्पण नहीं हो पा रहा है उन्होंने इन आपत्तियों के शीघ्र निराकरण का अनुरोध किया वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात कर श्री चौहान ने बासमती चावल प्रदेश में लॉजिस्ट हब खोलने भोपाल से दिल्ली के बीच विमान सेवा में सुधार और इन्दौर में कस्टम क्लीयिरेंस सेंटर खोले जाने पर चर्चा की

राष्ट्रीय कृषि एवं मनरेगा समिति के अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई समिति की पहली बैठक में तय किया गया इसके बाद यह कार्यशालायें लखनऊ पटना गुवाहाटी और हैदराबाद में भी आयोजित की जायेंगी बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सहित नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिताभ कांत और नीति आयोग और राज्यों के अधिकारी मौजूद थे समिति के अध्यक्ष श्री चौहान ने बिहार और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विभिन्न विषयों पर चर्चा की पश्चिम बंगाल और आध्रप्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समिति को पत्र के माध्यम से सुझाव प्रेषित किये श्री चौहान ने बैठक में कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है आठनेर शांति बैतूल जिले के आठनेर में एक युवक की हत्या से उपजे आकोश के बाद अब स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है पुलिस ने घटना के बाद पुलिस पर पथराव और उपद्रव के मामले में करीब पचास लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है हमारे बैतूल संवाददाता ने बताया है कि ऐहतियात के तौर पर क्षेत्र में धारा एक सौ चवालीस अभी लागू है युवक का शव मिलने के बाद कल यहां आक्रोशित लोगो ने शराब की दुकान जला दी थी और थाने का घेराव भी किया था इस दौरान पथराव में एसडीओपी मुलताई अनिल कृमार शुक्ल भी घायल हुए थे वहीं भीड़ को नियंत्रित करने गए बैतूल टीआई राजेश साहू और वीडियो बना रहे एक सबइंस्पेक्टर के साथ भीड़ ने मारपीट की

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कल भोपाल में पंचायत सचिव प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वेतन विसंगति का निराकरण से संबंधित गणना पत्र जारी किया है पंचायत सचिवों की ओर से वेतन निर्धारण में आ रही त्रटियों के समाधान के लिए निरन्तर मांग की जा रही थी पंचायत सचिव महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बालमुकुंद पाटीदार ने वेतन विसंगति का निराकरण करने के लिए राज्य सरकार और पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव का आभार व्यक्त किया है कॉन्क्लेव इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आज चौथा नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइन्स एण्ड मिनरल्स का आयोजन किया जायेगा इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे नेशनल कॉन्क्लेव में देश के प्रमुख खनिज सम्पदा वाले बाईस राज्यों के प्रतिनिधि मण्डल भी भाग लेंगे कॉन्क्लेव में मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से दी जायेगी कॉन्क्लेव के आयोजन का मूल उद्देश्य देश में खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए बाधाओं का निराकरण करवाना है

वे साध् वासवानी मिशन के प्रमुख थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मानवतावादी दार्शनिक शिक्षक प्रेम और भाईचारे के प्रबल समर्थक थे पत्रकार निधन वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक का कल रात इन्दौर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया

श्री याग्निक अपनी बेबाक लेखनी के लिए जाने जाने थे

उनके निधन पर कई गणमान्य नागरिकों और पत्रकारों ने शोक व्यक्त किया है शुटिंग चैम्पियनशिप भोपाल स्थित राज्य श्रृटिंग अकादमी बिशनखेड़ी में आज से आठवीं राज्य शॅाटगन श्रृटिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है पन्द्रह जुलाई तक खेली जाने वाली इस चैम्पियनशिप में अकादमी के छब्बीस खिलाड़ी भाग लेंगे इस चैम्पियनशिप में शामिल होने वाले खिलाड़ी पूरी नेशनल चैम्पियनशिप में भाग ले सकेंगे हाल ही में हैदराबाद स्थित हुसैन सागर में खेली गई स्टेट ओपन चैम्पियनशिप में मध्यप्रदेश स्पोर्टस अकादमी के खिलाड़ियों प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण तीन रजत और एक कांस्य सहित पांच पदक हासिल किये है मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगले चौबीस घंटे के दौरान प्रदेश के ग्वालियर रीवा सतना सीधी पन्ना छतरपुर टीकमगढ़ उमरिया अलीराजपुर अन्पपुर बालाघाट बड़वानी बैतूल भोपाल बुरहानपुर छिंदवाड़ा दमोह देवास धार डिंडोरी हरदा होशंगाबाद इंदौर जबलपुर कटनी खंडवा खरगोन मंडला मंदसौर नरसिंहपुर रायसेन राजगढ़ रतलाम सागर दमोह सीहोर सिवनी शहडोल शाजापुर उज्जैन उमरिया और विदिशा के अनेक स्थानों पर तेज गरज बौछार और भारी बारिश होने की संभावना है आगामी तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमानों में विशष बदलाव के आसार नहीं है

उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिये

इन्दौर में आज चौथे नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइन्स एण्ड मिनरल्स का आयोजन

भोपाल में आज से तीन दिवसीय आठवीं शॉटगन शूटिंग चैम्पियनशिप की शुरूआत होगी